मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें

इस बीच प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ रहे हैं मार्च माह की शुरूआत के बाद से प्रदेश में सक्रीय मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है

अजमेर में कोविड के मामले बढ़ने पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है

राज्य में आज भी विभिन्न स्थानों पर कोरोना टीकाकरण जारी है ब्रंदी में आज पेंशनरों को टीका लगाया गया टीकाकरण कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा

सदन में शून्य काल में इस मुद्दे पर चर्चा शूरू हुई जो बाद में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी तकरार में बदल गई जिसके बाद भाजपा सदस्य वेल में आकर धरने पर बैठ गये जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुये प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर सत्ता बचाने के लिए अवैध रूप से फोन टेप कराने का आरोप लगाया इस मूद्दे पर सदन में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड ने कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करा कर उनकी निजता पर हमला किया है इसके जवाब में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अवैध हथियारों को लाने लेजाने को लेकर सरकार द्वारा एसओजी के एक अधिकारी को फोन टेप करने की इजाजत दी गई थी उनके द्वारा फोन की निगरानी करने पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का पता चला इस पर एसओजी के अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया इसके बाद मुख्य सचेतक द्वारा एसओजी में दो मुकदमें और दर्ज कराये गये

एसटीबीए कि इस छात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा के बाद उनकी सकारात्मक सोच मैं इजाफा तो हुआ ही है वहीं वह आगामी परीक्षा को लेकर सहज और आश्वस्त है

इसके साथ जयपुर भरतपुर तथा बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है मौसम विभाग के अनुसार कल उदयपुर कोटा तथा जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश और बिजली गिरने के आसार हैं